पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यह तीसरा संवाद होगा

ये वे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में रहे हैं

इनमें से एक व्यक्ति की मृत्य् हो च्की है

जबलप्र से भागे रास्का के कोरोना ग्रसित आरोपी को नरसिंहप्र में पकड़ने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है

सभी मरीज इटारसी के हैं

दमोह में भी सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली हैं

अपनी आदतों में बदलाव कर नियम संयम से इस बीमारी को हराया जा सकता है

श्री चौहान ने निर्देश दिये कि इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएं गाइड लाइन लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए यह कार्य प्रारंभ कराया जाए श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

उधर इंदौर में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहं की खरीदी श्रु की जाएगी

जिला आपूर्ति नियंत्रक एल म्जाल्दा ने बताया कि ई उपार्जन पोर्टल पर केवल पंजीकृत किसानों से गेहं की खरीदी की जाएगी

मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है गर्मी के तेवरों के बीच राजधानी भोपाल बीती रात तेज हमाओं के साथ बारिश हई उधर महाकोशल और विंध्य के कई जिलों में कल भी मौसम खराब रहा उमरिया अन्पप्र शहडोल सतना सीधी और डिंडौरी में बारिश ह्ई और ओले गिरे इससे फसलों और खलिहान में रखे अनाज को न्कसान पहंचा है वहीं खरीदी केंद्रों पर भी गेंह प्रभावित ह्आ है गुना में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई

किसानों से गेहूं खरीदकर जस्ट इन टाइम पोर्टल के माध्यम से इन किसानों को भ्गतान की कार्यवाही भी जारी है